स्रक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैतालीस वर्ष से अधिक आय् के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की सरकारी सूत्रों के अन्सार प्रधानमंत्री ने देश भर में अगले महीने निर्धारित सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के बारे में विचार किया प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की भलाई सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखेगी और सुनिश्चित करेगी कि उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाए और साथ ही उनकी पढाई का भी न्कसान न हो

पहली जून को स्थिति की समीक्षा के बाद परीक्षा के बारे में फैसला किया जायेगा आज की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि दसवीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी और परिणामों को बोर्ड द्वारा विकसित प्रक्रिया के आधार पर तैयार किया जायेगा कई राज्यों ने कोविड के बढते मामलों के मद्देनजर सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग की थी

इस दौरान एक हजार सत्ताईस लोगों की कोरोना से मृत्यु ह्ई इधर अरुणाचल प्रदेश में भी कोविड संक्रमण के मामले लगातर बढ़ रहे है राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार मंगलवार को कोविड की चौदह नए मामले सामने आए जिसमें से ईटानगर राजधानी क्षेत्र से छह लोअर दिवांग वैली जिले से पांच नामसाई लोहित और ईस्ट सियांग जिले से एक एक मामले शामिल है राज्य में कोविड सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर पच्चपन हो गई है और कोविड जांच के लिए कल छह सौ अड़तीस सैंपल एकत्र किए गए इस बीच राज्य सरकार ने कोविड जांच की दरो में बदलाव किए है आर टी पी सी आर ड्रूनेट टेस्ट के लिए पांच सौ रुपये और रेपिड एंटिजन टेस्ट के लिए प्रति टेस्ट दो सौ रुपये निर्धारित किया गया है राज्य सरकार ने मैरिज सेरिमनी के लिए अधिकतम सौ व्यक्ति और किसी भी त्योहार या धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पचास व्यक्ति की सीमा निर्धारित की है

राज्यपाल ने कहा कि इस महामारी ने सभी धर्म विश्वास अध्यात्मिक मूल्यों और शिद्धांतो विश्वास करने वालों को प्रभावित किया है और इसके संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी एकज्ट होकर प्रयास करना चाहिए राज्यपाल ने धार्मिक नेताओं से समाज के सभी वर्गो के बीच मास्क लगाने समाजिक द्री बनाए रखने नियमित अंतराल पर हाथों को धोने भीड़ भाड़ में जाने से बचने और पात्र व्यक्तियों से जल्द टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया

टीका उत्सव के अंतिम दिन ईटानगर राजधानी क्षेत्र के रामक़ष्ण मिशन अस्पताल ईटानगर और तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स नाहरल्गन में आज कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए लाभार्थियों की लंबी कतारे देखी गई

तीन दिवसीय उत्सव के पहले दिन श्रद्वाल्ओं ने बौद्व मंदीर में मूर्तियों का जल अभिषेक किया और एक द्सरे को श्भकामनाएं दी अरुणाचल प्रदेश का ये अनोखा धार्मिक त्योहार है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ पानी से होली खेलते है ईटानगर के थेरावादा बौद्ध विहार और नामसाई के बौद्ध मंदिरों में आज बड़ी संख्या में श्रद्वाल् जमा हुए और उन्होंने सांकेन का त्योहार मनाया

इस अवसर पर स्थाणिय विधायक कालिंग मोयोंग पासीघाट नगरपालिका परिषद के म्ख्य पार्षद ओकियांग बोरांग उच्च एवं तकनिकी शिक्षा निदेशक तायेक तालोह माध्यमिक शिक्षा निदेशक मार्केन काद सहित कई अधिकारी मौजुद थे शिक्षा मंत्री ने छात्रों और शिक्षण संकाय के सदस्यों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की अपने संबोधन में श्री तेदिर ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और युवाओं के कोशल विकास को प्राथमिकता देते हए इस क्षेत्र में आधार भूत स्विधाओं का विस्तार कर रही है